यह समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और इसकी दिशा तथा प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा श्री मोदी ने ॅकहा हम सबका साथ सबका विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं हम जाति और संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी गरीबों के जीवन में सम्मान सुनिश्चित करने और सभी को हर संभव अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया है

विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केवल असम के लिए नहीं बल्कि पश्चिमी सीमा से आए और राजस्थान पंजाब और दिल्ली में बसे प्रवासियों के लिए भी यह विधेयक लाया गया है

नई दरें तीन वर्ष के लिए वैध होंगी ये दरें ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन द्वारा प्रिंट मीडिया की विज्ञापन की वर्तमान दरो के ऊपर होगी विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय द्वारा गठित आठवीं दर संरचना समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से खासकर लघ् और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों सहित क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों को लाभ पहुंचेगा रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और डिजिटलीकरण के जरिये वित्तीय समावेश को व्यापक बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है एक बयान में आर बी आई ने कहा कि समिति भुगतान के डिजिटलीकरण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगी और आर्थिक प्रणाली में किसी भी खामी को दूर करने का सुझाव देगी समिति को नब्बे दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है

नई दिल्ली में कल कृषि निर्यात नीति पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

कार्यशाला का उदघाटन करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभ् ने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब एक समग्र कृषि निर्यात नीति तैयार की गई है प्रदेश में स्टेट पोर्टेबिलिटी को सुदुढ़ किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र परिवार राज्य की किसी भी उचित मुल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सके खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेशचंद मीणा ने कल जयपुर में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि यह सुविधा उन पात्र सदस्यों को मिलेगी जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा उन्होंने बताया कि रिक्त स्थानों पर राशन डीलर्स की भर्ती की जाएगी ताकि खाद्य सुरक्षा के तहत लाभान्वित परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को केरोसिन की उपलब्धता सुनिश्चत कराने के लिए जिला रसद अधिकारियों के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा ताकि सर्वे में पाए जाने वाले उपयुक्त क्षेत्रों के ऐसे परिवारों को केरोसिन का लाभ मिल सके जिनके पास न तो गैस कनेक्शन है और न ही बिजली कनेक्शन है

इसके लिए ऐसे पात्र लोगों का भी सर्वे करवाया जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी आज जयपुर में किसान रैली को सम्बोधित करेंगे इसके लिए पार्टी की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि रैली को लेकर किसानों में उत्साह है उन्होंने कहा कि इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल होंगे रैली को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी में लापरवाही बरतने वाले और किसानों से धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कल जयपुर में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस संबंध में अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तृत करने के निर्देश दिये गये हैं उन्होने बताया कि राज्य में जहां भी इस प्रकार की गडबडी हई है उसकी जॉच करवाई जाएगी

उन्होंने बताया कि इससे किसान स्वयं की कर्जमाफी का सत्यापन कर सकेंगे और यदि किसी किसान ने कर्ज नहीं लिया है और उसका नाम कर्जमाफी में शामिल है तो वह उसकी रिपोर्ट संबंधित बैंक के प्रबंध निदेशक को दे ताकि किसान से हुई धोखाधड़ी के संबंध में यथोचित कार्यवाही की जा सके भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड ने कांग्रेस द्वारा किसानों की कर्जमाफी की घोषणा को एक छलावा बताया है

इस दौरान वे स्थानीय सरपंच जन प्रतिनिधियों और आम जनता से संवाद कर ग्राम पंचायत क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं और परिवेदनाओं को दर्ज करेंगे उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में उपखण्ड अधिकारियों के साथ सम्बंधित पंचायत समितियों के विकास अधिकारी भी मौजूद रहेंगे इसके अलावा आवश्यकतानुसार क्षेत्र से सम्बंधित अन्य विभागों के अधिकारियों को भी जोड़ा जा सकेगा खेलो इंडिया के दूसरे संस्करण का आज पुणे में शुभारंभ होगा

प्रदेश में शीतलहर और तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड जारी हैं ध्रंध और नम हवाओं की वजह से सर्दी का असर तेज हो गया है सीकर जिले के फतेहपुर में आज सुबह तापमान जमावबिन्दु पर आ गया